झारखंड में पिछले चौबीस घंटे के दौरान मिले दो सौ ग्यारह नए कोरोना संक्रमित एक सौ चौंसठ लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से दी गई छुट्टी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों को कड़े कदम उठाने के दिए निर्देश जामताड़ा से पुलिस ने पांच साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार कई कंपनियों के सिम और मोबाइल सेट बरामद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

स्कूलों को केंद्र से जारी दिशा निर्देश का पालन करना होगा अन्य कक्षाओं के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी इसे लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने कल आदेश जारी कर दिया है इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के बाहर राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज नर्सिंग कॉलेज को भी सोमवार से खोलने के लिए अनुमति दी गई है विशेष एहतियात बरतते हुए बिना दर्शकों के फिल्म की शूटिंग की अनुमति दे दी गई है प्रतिबंधित सेवाओं को छोड़ कंटेनमेंट जोन के बाहर की सभी आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए अनुमति दी गई है

नए दिशा निर्देश के अनुसार सभी जुलूस प्रदर्शन मेला प्रदर्शनी दर्शकों सहित खेल संबंधित कार्यक्रम कोचिंग संस्थान सिनेमा हॉल स्वीमिंग पूल और मनोरंजन पार्क अभी बंद रहेंगे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल किसानों के नाम एक खुला पत्र लिखा है और केंद्र सरकार की ओर से कई आश्वासन भी दिया है इस पत्र के माध्यम से श्री तोमर ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में सरकार लिखित आष्वासन देने को तैयार है उन्होंने बताया कि एपीएमसी के बाहर निजी बाजारों पर राज्यों को कर लगाने की अनुमति दी जा सकती है और किसी भी प्रकार के विवाद के समाधान के लिए किसानों के पास अदालत में जाने का विकल्प भी होगा उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि राज्यों को कृषि समझौते पंजीकृत करने का अधिकार होगा और कोई भी किसानों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता क्योंकि यह कानून किसानों की भूमि के किसी भी तरह के ट्रांसफर बिक्री लीज और गिरवी की अनुमति नहीं देता है केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कांन्ट्रेक्टर्स किसानों की जमीन पर किसी भी तरह का स्थायी बदलाव नहीं कर सकते और उन्हें किसानों की जमीन पर उनके किसी भी अस्थायी निर्माण के लिए लोन नहीं दिया जा सकता राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान दो सौ ग्यारह नए कोरोना संक्रमित मिले हैं इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख बारह हजार तीन सौ बत्तीस पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक सौ चौंसठ लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई इसी के साथ अब तक स्वस्थ होनेवालों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख नौ हजार छह सौ छियानबे पहुंच चुकी है और सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार छह सौ उनतीस हो गई है राज्यभर में कल तीन कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद अब तक मरनेवालों की कुल संख्या बढ़कर एक हजार सात पहुंच चुकी है कल मिले नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा रांची जिले से निन्यानबे मरीज शामिल हैं पलामू जिले में कोरोना से पिछले तीन दिनों में दो लोगों की मौत हो गयी

पलामू में अबतक मिले तीन हजार तीन सौ पहचतहर संक्रमितों में तीन हजार तीन सौ सताइस लोग स्वस्थ हो चुके हैं

यह छट क्छ शर्तों के अनुरूप दी जायेगी बिना ध्रम्रीकरण के भारतीय बंदरगाहों पर पहंचने वाली आयातित प्याज को मान्यता प्राप्त केन्द्र पर दर्ज करवाना आवश्यगक होगा इस प्रक्रिया की पूर्ण निगरानी अधिकारियों द्वारा की जाएगी और कीटों और बीमारियों से पूरी तरह मुक्त पाए जाने पर ही इसे बाजार में भेजा जाएगा निरीक्षण के दौरान खराब अथवा सुखे प्याज को ध्म्रीकरण से अलग कर दिया जायेगा और बिना अतिरिक्त निरीक्षण शुल्क के माल को छोड दिया जायेगा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देशभर में वाहनों का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के लिए जीपीएस आधारित तकनीकी टोल संग्रह प्रणाली को अंतिम रूप दे दिया है उन्होंने कहा कि इससे भारत अगले दो वर्ष में टोल बूथ फ्री हो जाएगा एसोचौम स्थापना सप्ताह कार्यक्रम में कल नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि वाहनों के आवागमन के आधार पर टोल की राशि सीधे बैंक खाते से कट जाएगी उन्होंने कहा कि अब सभी वाणिज्यिक वाहन निगरानी प्रणाली के तहत लाए जा रहे हैं इसलिए सरकार पुराने वाहनों में भी जीपीएस टेक्नोलॉजी लगाने की योजना तैयार करेगी

मुख्यमंत्री कल राजधानी रांची में गृह एवं कारा विभाग की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि अपराध रोकने के लिए बेहतर पुलिसिंग से ही सफलता पायी जा सकती है इसके लिए जरूरी है कि पुलिस बेहतर संबंध बनाकर आम जनता का विश्वास जीते और लगातार संवाद करे मुख्यमंत्री ने तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध पर नियंत्रण और अनुसंधान के लिए अलग सिस्टम बनाने इसके लिए पद सुजन कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने पर बल दिया श्री सोरेन ने राज्य में महिलाओं और बच्चों को साइबर अपराध से बचाने के लिए साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वूमेन एंड चिल्ड्रेन योजना शुरू करने की घोषणा की है इसके साथ ऑनलाइन साइबर रजिस्ट्रेशन यूनिट कैपेसिटी बिल्डिंग यूनिट अवेरनेस क्रिएशन यूनिट और रिसर्च एंड डेवलपमेन्ट यूनिट का गठन किया जा रहा है

लातेहार जिले में नीति आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की जा रही है

इसे लेकर कल शाम समाहरणालय में बैठक हुई जिसमें उपायुक्त शशि रंजन और नगर आयुक्त दिनेश प्रसाद मौजूद रहे बैठक में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक चेतन कुमार मिश्रा ने प्रजेंटेशन के जरिए गैस वितरण को लेकर पलामू जिला में बिछाया जा रहे हैं पीएनजी गैस पाइप लाइन के बारे में जानकारी दी जामताड़ा जिले की पुलिस ने करमाटांड़ थाना क्षेत्र के अमराटांड़ गांव से पांच साइबर अपराधी समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है

पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर अपराधियों को गिरफ्तार किया है चतरा जिले की राजपुर थाने की पुलिस ने कल जिले में सक्रिय अफीम तस्करों के विरुद्व बड़ी कार्रवाई करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया है

साहिबगंज जिले के राजमहल प्रखंड स्थित गंगा तट पर कल एक लाल रंग की डॉल्फिन मृत पाई गई वन विभाग की ओर से डॉल्फिन के शव का पोस्टमार्टम करा लिया गया है

डीएफओ विकास पालीवाल ने बताया कि डॉक्टरों की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी रांची जिले के बुंडू में अवैध खनन कर बालू की तस्करी मामले में पुलिस ने कई बालू लदे हाइवा और ओवरलोडेड वाहनों को जब्त किया है इन वाहनों से बगैर चालान बालू की तस्करी की जा रही थी चतरा के उपायुक्त दिव्यांशु झा ने कल रात सदर अस्पताल का निरीक्षण किया इस दौरान उपायुक्त ने सिविल सर्जन डॉ अरुण पासवान से मरीजों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने और साफ सफाई दुरुस्त करने का निर्देश दिया

बाबुलाल मरांडी को हाईकोर्ट से राहत की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है बाबूलाल को हाईकोर्ट ने दी राहत स्पीकर ने फिर भेज दिया नोटिस झारखं डमें शराब दुकान खोलने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने की खबर को रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर जगह दी है किसान आंदोलन पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई की खबर को हिंदुस्तान ने पहले पत्रे पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है आंदोलन हक पर शहर को बाधित नहीं कर सकते कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के किसानों के नाम पत्र की खबर को अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पले पत्रे पर जगह दी है जिसमें कहा गया है कि एमएसपी जारी रहेगी अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने भारत और बांग्ला देश के बीच सात समझौतों पर हस्ताक्षर की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है